भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टीयोरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है मामूली संक्रमण में हाड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है

इसके तहत गुलाबी पीले तथा खाकी राशन कार्ड वालों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार हर महीने मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी केंद्र सरकार की यह जनकल्याणकारी योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है उदयपुर की रमीला मेघवाल ने बताया कि उनके परिवार को इस योजना से काफी मदद मिल रही है

अटल नवाचार मिशन के तहत तैयार किया गया ए टी एल ऐप एक निःशुल्क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है

इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से फिट है तों हिट है की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

कल भी राज्य के बाडमेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर और झुन्झुनू के कई इलाकों में टिड्डी दल नियंत्रण किया गया

विभाग ने कहा है कि राज्य में आज और कल मेघ गर्जन और बिजली गिरने के साथ ही कईीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें